मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को सेब सीजन के लिए व्यापक प्रबंध करने के दिए निर्देश केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कोरोना संकट में केन्द्र ने जीएसटी करदाताओं को दी बड़ी राहत

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को रवयं विभिन्न बीमारियों से बचना होगा उन्होंने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न मुददों पर लोगों से अपने विचार सांझा किए उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं जड़ी ब्रटियों से निर्मित औषधि और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोला जा रहा है लेकिन हमें अभी सतर्क रहना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द का अनुभव कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मातुभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए

प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की तैयारी के महत्व का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता

उन्होंने कहा कि सेब उत्पाद के परिवहन के लिए व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोरोना महामारी के दौरान बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक ले जाने में असुविधा न हो

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट में जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत दी है उन्होंने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह से केन्द्र सरकार देश के लाखों करदाताओं के लिए जीएसटीआर वन फॉर्म में निल जीएसटी को एसएमएस के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा शुरू कर रही है अनुराग ठाकर ने कहा कि एसएमएस के माध्यम से करदाताओं को अपना विवरण देने में सुविधा होगी

कोरोना हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉज़िटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है

ये सभी लोग राज्य के बाहर से लौटे हैं और क्वारंटीन केन्द्रों में रह रहे थे

श्रद्वांजलि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जन्मशती समारोह के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि ब्रिटिशकाल में बनी बीलिंग केलंग सड़क को फिर से यातायात योग्य बनाया जाएगा और इसका काम शुरू हो गया है उन्होंने कहा कि इस सड़क से बीलिंग से यातायात सुगम होगा और केलंग जाने में लोगों को सुविधा मिलेगी मुकेश विक्रमादित्य सिंह विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ झूठे मामले बनाने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती के लिखने को लेकर कुछ मसले हो सकते हैं लेकिन उन्हें देशद्रोही करार देना गलत है उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा फ़ंट है जहां सभी को मर्यादाओं में रह कर टिप्पणी करनी चाहिए इस बीच कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार से विकास की गति तेज करने की मांग की है

उन्होंने कहा कि सरकार का विरोध करने वालों पर झूठे व देशद्रोह के मामले बनाए जा रहे हैं

इसका उद्घाटन सेवानिवृत विंग कमांडर मनोहर शर्मा ने किया

निर्माण कार्य में लगे इन मजदूरों पर अचानक मलबा गिर गया और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद इन मज़द्रों को बाहर निकाला गया लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी